प्रधानमंत्री ने कहा सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल देशभर में अस्सी करोड जरूरतमंद लोगों को अगले पांच महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की कल शाम राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवम्बर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है अब जुलाई अगस्तसितंबर अक्टूबर नवंबर मेंभी लागू रहेगी

और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने एक किलो चनामी मुफ्त दिया जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन महीनों में करीब बीस करोड़ गरीब लोगों के जनधन खातों में इकत्तीस हजार करोड रुपए अंतरित किए गए हैं इसी तरह नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में अट्ठारह हजार करोड़ रुपए भेजे गए हैं गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर पचास हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि आज देश एक राष्ट्र एक राशनकार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजदूरों को बड़ा फायदा होगा अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार्ड की व्यवस्था भी होरही है यानि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगारया दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गाँव छोड़कर के कहीं और जाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर पर नजर डाली जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में रहा है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि समय पर लॉकडाउन लागू करने के फैसले से कई जाने बचाई जा सकी श्री मोदी ने कहा कि जब से देश में अनलॉक वन शुरू हुआ है कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बरत रहे हैं लॉकडाउन के दौरान बहुत गंगीरतासे नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानीय निकायकी संस्थाओं को देश के नागरिकों को फिरसे उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है विशेषकर कन्टेनमेंट जॉस उस पर हमें बहुतध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हमेंउन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा प्रधानमंत्री ने कल्याण योजनाओं को सफल बनाने में किसानों और ईमानदार करदाताओं के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए और कदम उठाती रहेगी श्री मोदी ने कहा कि देश लॉकडाउन को समाप्त करने के दूसरे दौर में प्रवेश कर रहा है और इन्हीं दिनों मॉनसून के कारण खांसी जुखाम और बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप भी फैलता है उन्होंने देशवासियों से इन बीमारियों से अपना बचाव करने का आग्रह किया केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढाने के प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना की है श्री शाह ने देश के मेहनती किसानों और ईमानदार करदाताओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया क्योंकि इनकी मेहनत और समर्पण के कारण योजना का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गरीब वंचित और पीड़ित लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने की घोषणा को महत्वपूर्ण कदम बताया है

ये निश्चितहुआ उसके खाद्य की सुरक्षा की है और वो मुफ्त दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी की आज कीघोषणा ये गरीब कल्याण का उनके संकल्प को और आगे मजबूत करने वाला घोषणा है

उसी तरह लोगों को पैसे गैसे खाद्यान्न मिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुन्देलखंड के तीन जनपदों झांसी ललितपुर और महोबा के लिये जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दो हजार एक सौ पच्चासी करोड़ रूपये की बारह ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का शुभारम्भ किया जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश हर घर जल के अन्तर्गत झांसी के चिरगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले दो साल में यहां हर घर को पानी उपलब्ध हो जायेगा हम लोगों ने पहले चरण के इन तीन जनपदों में पाइप पेय जल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहा पर शुभारम्म करने जा रहे है यानी इनका कार्य यहां पर प्रारम्भ होने जा रहा है और आगामी दो वर्ष के अन्दर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रघानमंत्री मोदी जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके दो वर्ष के अन्दर हर घर में नल देने की इस योजना को साकार करने में हमें सफलता प्राप्त हो जायेगी मुख्यमंत्री ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का आग्रह किया कोरोना के संक्रमण से बचने स्वयं बचे और द्रसरों को बचाये स्वयं बचे का मतलब पहले तो स्वयं भी इस संक्रमण से बचे और दूसरा बचाने का उपाय बुजुर्ग है कई बीमारियों से पीड़ित है कमजोर लोग है गर्मवती महिलाएं है बच्चे है आवश्यक नहीं है तो घर के बाहर न निकले हम सावजनिक स्थान पर जाते हैं तो फोस कवर या मास्क जरूर लगाये समय समय किसी चीज को छूते है तो हाथ साफ जरूर करे सेनिटाइजर का प्रयोग करे हर हाल में संक्रमण की चेन को रोकना बीमारी को छुपाना नहीं शासन ने जहां पर कोरोना हास्पिटल बनाये हैं वहां पर जाकर के उपचार करा लेना कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्री सांसद और विधायक मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के लिये दो हजार अड़सठ करोड़ रूपये से अधिक की छियानवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इनमें से सोलह सौ अड़सठ करोड़ से अधिक रूपये की लागत वाली उन्यासी परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया जिनमें साठ नदी सेतु और उन्नीस रेल उपरगामी सेतु शामिल है इस अवसर पर अपने सम्बोधन में श्री मौर्य ने कहा कि पिछले तीन वर्षो के दौरान विकास कार्यो को प्राथमिकता देते हुए रिकार्ड संख्या में पुल और सड़के बनाई गई लोकार्पित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं में आगरा मंडल की पांच अयोध्या बस्ती और प्रयागराज की छह छह बरेली की ग्यारह परियोजनाए शामिल है बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने उनके संसदीय क्षेत्र में इन परियोजनाओं का स्वागत करते हुए आभार जताया केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है नए दिशा निर्देश पहली जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्व ढंग से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को इकत्तीस जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है

घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा